कुल मिलाकर बारहवी बोर्ड परीक्षा के लिए तेरह हजार आठ सौ चौतीस छात्रो और दसवी की परीक्षा में उन्तीस हजार तीन सौ पचहत्तर छात्र परीक्षा में बैठ रहे है माध्यमिक शिक्षा निदेशक डी डी एस ई ने बताया की जिला प्रशासनों ने संबद्ध माध्यमिक शिक्षा निदेशको के साथ मिलकर बोर्ड परिक्षाओ के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है परीक्षा केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्रो को सम्भाल रहे है जबकी जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निगरानी रखे हिए है प्रदेश महिला कल्याण सोसायति ने परीक्षा के वक्त शांतीपूर्ण माहौल की अपील की है ताकि बच्चे परीक्षा की तैयारी में अपना ध्यान लगा सके

म्यानमार भुटान बांगला देश और दक्षिण पूर्व एशियाई देशो में पेट्रोल और डिजल असम से ही निर्यात किया जाएगा श्री प्रधान पंद्रह सौ करोड़ रुपए के लागत से बने परियोजनाओ को गुवाहाटी में कल शाम समर्पित करते हुए लोगो को संबोधित कर रहे थे

इस दौरान ए ई आर ओ लिखा राध ने पावर पइंट प्रेजेन्टेशन के जरिए मतदान अधिकारियो की भूमिका और जिम्मेदारियों सहित विभिन्न विषयो पर प्रशिक्षण दिया

कार्यक्रम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेफतु के साथ मिलकर आयोजित किया था

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सॉफ्टवेयर दो हजार उन्नीस के ग्रैंड फिनाले को कल रात वाडिओ कांफ्रेंस से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र बन गया है और पिछले चार वर्ष में देश में पंद्रह हजार स्टार्टअप उद्यम शुरु हुए है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से पचास प्रतिशत स्टार्टअप उद्यम कस्बों में है उन्होंने कहा कि नवाचार और स्टार्टअप से नये भारत के निर्माण में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज वृद्धि पथ पर है तथा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में नये उपलब्धियां हासिल हो रही है उन्होंने कहा कि अटल इनक्यूबेशन मिशन के तहत पांच हजार स्कूलो में अटल टिंकरिंग लैब काम कर रहे है जिनमें विद्यार्थियों को भविष्य की प्रौद्योगिकी की जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओ और बच्चों के प्रति अपराध एक बड़ी चुनौती है और बेहतर समाज बनाने के लिए इससे निपटना जरुरी है उन्होंने विद्यार्थियो से नवाचार के जरिये इस समस्या का समाधान करने को कहा देश के अड़तालीस नोडल केंद्रो में छत्तीस घंटे का यह आयोजन एक साथ चल रहा है जिसमें दो लाख विद्यार्थी भाग ले रहे है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारोंसे देश की समस्याओं के समाधान की अनूठी पहल है

अच्छी तरह से डिजाइन किए बस में मेरा भारत स्वर्णिम भारतगौरवशाली भारत के लिए युवा प्रज्वलित और युवाओ को सशक्त बनाना जैसी बस में लिखे संदेश को ब्रहम कुमारी राजयोग शिक्षा के युवा विंग व अनुसंधान फाउंडेशन नेतृत्व कर रहे है यह बस अभियान रैली दो हजार सत्रह को अहमदाबाद से शुरु होते हुए अठारह राज्यो को कवर कर अट्ठाइस फरवरी को तेजु पहुचा

प्रदर्शनी के मुख्य वक्ता बी के संतोष ने कहा कि युवा राष्ट्र का भविष्य है और स्वर्ण भारत को फिर से स्थापित करने के लिए युवाओ का चरित्र उत्कृष्ट तरिके से विकास होना है प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल के घटनाक्रम ने भारत के कौशल और विदेश नीति के प्रभाव को उजागर किया है उन्होंने कहा कि अब भारत अत्यंत विकसित देश है और इसे धमकी देने का दुस्साहस कोई नही कर सकता उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिको के खून की प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है नई दिल्ली में कल शाम मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत निर्भय साहसी और निर्णायक क्षमता वाला देश है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी कुशलता और संसाधनों में आगे बढ़ रहा है और अपनी कमजोरियों को दूर करने और चुनौतियों में कमी लाने की प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि अब देश को रफाल विमान की आवश्यकता महसूस हुई है